राजधानी क्षेत्र ईटानगर में विभाग और अन्य हितधारको की बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय वित्तीय समावेशन योजनाओ की स्थिति की सीधे निगरानी कर रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश मे प्रधानमंत्री जन धन योजना का शत प्रतिशत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मे तिरानंबे प्रतिशत और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अस्सी प्रतिशत कवरेज हासिल किया जा चुका है राज्य सरकार ने ओजिंग तायिग हत्या केस को केंद्रीय जांच ब्यूरो सी बी आई को तत्काल प्रभाव से सौप दिया है चौदह जून दो हजार सत्रह को उनके बड़े भाई द्वारा ईटानगर पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया था इस मामले की जाच में प्रगति न होने पर सरकार ने इस वर्ष चार अप्रैल को इस केस को एस आई टी को सौप दिया था गौरतलब है कि ईस्ट सियांग जिले के कई संगठन ओजिंग तायिंग हत्या मामले को सी बी आई को सौपने की मांग कर रहे थे राज्य प्रलिस महानिदेशक की अनुशंसा के बाद राज्य गृह विभाग ने मामले को त्वरित न्याय के लिए सी बी आई को सौप दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक और पूर्व सासंद डाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि डॉ मुखर्जी को एक श्रेष्ठ शिक्षाविद कुशल प्रशासक और एक निर्भीक द्रढ़निश्चयी व्यक्ति के रुप में याद किया जाता है वे देश की आजादी और एकता के लिए संघर्षरत रहे प्रधानमंत्री ने डाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक चित्र साझा करते हुए कहा है कि दोनो मंत्रिमंडलीय सहयोगी थे और उनमें भारत के विकास के बारे में भविष्य की महत्वपूर्ण परिकल्पना थी वेस्ट सियांग जिला उपायुक्त स्वेतिका सचान की अध्यक्षता में आलो में आज राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पर एक बैठक आयोजित की गई सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो को कई दुकानदारो द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रो में बिक्री किये जाने और बिना लाईसेंस के बेचने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई जिला उपायुक्त ने तंबाक्र उत्पादो के बढ़ते सेवन पर चिंता जताते हुए संबंधित विभाग द्वारा नियमित जांच करने पर जोर दिया जिला चिकित्सा अधिकारी डाँ न्यागे गेई ने तंबाकू उत्पादो के सेवन से नुकसान पर के बारे में स्कूली बच्चो को जागरुक करने पर बल दिया केंद्र सरकार देश में कर व्यवस्था को और आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है वस्तु और सेवाकर जीएसटी के क्रियान्वयन का एक वर्ष प्ररा होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि केंद्र जीएसटी में दिये गये ज्यादा कर की वापसी की प्रक्रिया को पूरे तौर पर स्वचालित बनाने की कोशिश कर रहा है उन्होंने कहा कि इस कर व्यवस्था को सरल बनाने से काफी फायदा हुआ है श्री अढ़िया ने कहा कि जीएसटी में सुधार देश में अन्य आर्थिक सुधारो के लिए आवश्यक है उन्होंने कहा कि जीएसटी का श्रेय काफी हद तक आम लोगों को जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे से नई दिल्ली में मुलाकात की दोनो नेताओ ने भारत और भूटान के बीच मित्रता के विशेष संबंधो को और सुदृढ़ करने समेत आपसी हित के विभिन्न मुद्दो पर चर्चा की दोनो नेताओ ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में अपने अपने देश का नेतृत्व किया एक टवीट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि विकास भागीदारी में सहयोग को और सुदृढ़ करने समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की श्री तोब्गे तीन दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुचे आज शाम उनका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात का कार्यक्रम है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य हिंदू और बौद्ध सभ्यता में निहित हैं उन्होने कहा कि वैश्विक संवाद में एशियाई लोकतंत्रो का योगदान उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ तेजी से बढ़ाया जाना जरुरी है

इस संगोष्ठी को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी संबोधित किया चांगलांग में आज लीड बैंक द्वारा जिलास्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई इस बैठक में जिला उपायुक्त वाजोंग खिमहुंन ने कहा कि जिले में लो सीडी रेशियो पर चिंता जताते हुए बैंको को सरकार की योजनाओ के अंतर्गत सभी लंबित ऋण की आवेदन का निपटारा करने को कहा जिला मुख्यालय में केवल एक ए टी एम और बैको में कर्मचारियो की कमी से नागरिको को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए बैक अधिकारी को कहा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 आज का अधिकतम तापमान तैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया